डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश को देश में मिला प्रथम पुरस्कार

ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिये डिजिटल प्लेटफार्म का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्यता बढाने के उपायों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की बैठक में बढती मांग के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन और उपलब्धता बढाने का महत्वपूर्ण फैसला किया गया केंद्र ने मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य संबंधित उपकरणों के आयात को बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से पूरी छूट देने का निर्णय लिया है इन उपकरणों में ऑक्सीजन कनसेन्ट्रेटर कैन्निस्टर फिलिंग सिस्टम्स स्टोरेज टैंक प्रेशर स्विंग एब्जॉर्पशन और वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्पशन प्लांट ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपॉर्ट टैंक वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बनाने के अन्य उपकरण शामिल हैं सरकार ने अगले तीन महीने तक कोविड वैक्सीन को बुनियादी आयात शुल्क से छूट देने का भी फैसला किया है बैठक में श्री मोदी ने मेडिकल ऑक्सीजन और घर तथा अस्पतालों में रोगी देखभाल के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति बढाने की आवश्यकता पर भी बल दिया प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि सभी मंत्रालयों और विभागों को ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता बढाने के लिए तालमेल के साथ काम करना चाहिए प्रधानमंत्री को यह बताया गया कि रेमडेसिविर और उसके लिए आवश्यक चीजों को हाल ही में बुनियादी आयात शुल्क से छूट दी गई हैं श्री मोदी ने यह सुझाव दिया कि रोगियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने संबंधी उपकरणों के आयात में तेजी लाने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने का आग्रह किया है देश भर में स्वामित्व योजना का श्भारंभ करने के लिए आयोजित एक समारोह में आज श्री मोदी ने ग्रामीण भारत के लोगों के हौसले की सराहना की उन्होंने कहा कि पिछले साल सभी लोगों ने पूरी निष्ठा से कोविड सम्बंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन कर कुछ ही समय में राष्ट्र को इस महामारी से मुक्ति दिलाने में मदद की थी एक साल पहले पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था तब मैंने आप समी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव मैं पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका नियाएं आप सभी ने बड़ी कुशलता से न केवल कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका बल्कि गांव में जागरुकता पहुंचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका नियाई इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनौती है वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है उसे रोकना ही है श्री मोदी ने देशवासियों से सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की

इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार मुखा न सोए हमारी जिम्मेषदारी है कल ही भारत सरकार ने प्रयानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है

ग्राम पंचायतों के महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपनी प्रत्येक नीति और प्रयासों में गांवों को केन्द्र में रखकर आगे बढ़ रहा है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केन्द्र आध्निक भारत के गांवों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना चाहता है

प्रदेश की पंचायतों द्वारा डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये ई पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसके पहले पुरस्कारों के विषय में प्रदेश की पंचायतीराज निदेशक किजल सिंह ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी थी उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य को देश भर में प्रथम प्रस्कार से सम्मानित किया गया है

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसको लाइव स्ट्रीम किया जायेगा आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरन्त बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा

यह व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि यह प्लेटफार्म प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन चिकित्सा शिक्षा विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग परिवहन एवं गृह विभाग के सहयोग से रोडिक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है इस कम्पनी के प्रतिनिधि ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मौजूद रहकर समयबद्व रूप से ऑक्सीजन की सुगम आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे

उन्होंने बताया कि लखनऊ के किंग जार्च चिकित्सा विश्वविद्यालय और बलरामपुर चिकित्सालय को पूर्ण रूप से कोविड चिकित्सालय के रूप में संचालित किया जा रहा है यहां पर बेडो की संख्या बढ़ाकर पांच हजार की जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है

श्री प्रसाद ने बताया कि पूरे प्रदेश में टीकाकरण का कार्य भी जोर शोर से चल रहा है